इन केन्द्रों से देश में कोविड जांच क्षमता में वृद्धि होगी और संक्रमण की जल्द पहचान और उपचार में मदद मिलेगी ये केन्द्र भारतीय चिकित्सा अनुसंघान परिषद के नोएडा स्थित राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और अनुसंघान संस्थान मुंबई के राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान और कोलकाता स्थित राष्ट्रीय कॉलेरा और आंत्ररोग संस्थान में स्थापित किर्ये गए हैं

जबलपुर से हमारी संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज छह नये मरीजों के साथ प्रभावितों का आंकड़ा एक हजार चालीस हो गया है

दो दिन के लॉकडाउन के बाद शहर में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं शहडोल में पांच नये कोरोना संकमित मिले हैं इनमें एक तहसीलदार भी शामिल है

जिले में अब तक छह लोग संकमण से अपनी जान गवां चके हैं टीकमगढ में आठ नये मरीजों का पता चला है होशंगाबाद में शनिवार और रविवार के लॉकडाउन के बाद आज बाजार खुल गये हैं शिवपुरी में भी दो दिन की पूर्णबंदी के बाद दुकाने खुल गई हैं

उज्जैन में कल तीन और लोग कोरोना को हराकर घर लौटे जिले में अब तक आठ सौ चवालीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं मुरैना में बिना अनुमति दुकाने खोलने पर जुर्माने की कार्यवाही की गई है वहीं अनूपपुर में बिना मास्क घूमने वालों के चालान काटे गये राफेल भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा होने वाला है

राफेल लड़ाकू विमानों की रवानगी के दौरान भारतीय राजदूत जावेद अशरफ भी मेरिनेक एयरबेस पर मौजूद रहे वे इस दौरान पायलटों से भी मिले

स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री इंदर सिंह परमार यह परिणाम घोषित करेंगे

उनके लिये रूक जाना नही योजना लागू की गई है इस योजना में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को पुनः परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है एक ट्वीट में श्री नायडु ने कहा कि डॉक्टर कलाम एक विशिष्ट वैज्ञानिक होने के साथ ही महान व्यक्तित्व के घनी थे उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने देशवासियों को विशेष रूप से युवा पीढी को अपने कथन और कार्य से प्रेरित किया केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी पूर्व राष्ट्रपति की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने द्वीट संदेश के जरिए डॉक्टर कलाम को याद किया

इस अवसर पर प्रधानमंत्री केन्द्रीय गृहमंत्री सूचना प्रसारण मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीआरपीएफ जवानो के शौर्य साहस और बलिदान को नमन किया है